आगामी विधानसभा चूनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

पीएम महाकुम्म प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को दीमक की तरह खा रही है जबकि भाजपा इसे बचाने का कार्य कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भाजपा समन्वय में विश्वास करती है सबका साथ सबका विकास ही भाजपा का लक्ष्य है श्री मोदी जनसंघ के सह संस्थापक और सिद्धांतकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है श्री शाह ने दावा किया कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत से चुनाव जीतेगी वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशवासियों को स्वस्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी जन आरोग्य योजना पर उन्हें गर्व है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं भाजपा के संगठन महासचिव रामलाल सहित अनेक केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए

कांग्रेस आरोप छिन्दवाड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के महाकुम्भ पर उधर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री प्रदेश को कोई बड़ी सौगात देंगे मंहगाई से राहत दिलायेंगे लेकिन ऐसा कृष्ठ भी नहीं हुआ उन्होंने कहा कि ये महाकृभ प्रदेश के विकास को छोड़ देश विदेश की बातों पर ही केन्द्रित रहा सुको सांसद उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्वसम्मति से पैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी राजनीति में न आने पाए ग्राउण्ड रिपोर्ट इन्द्रधनुष रीवा जिले में मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत अथक प्रयास किये गये जिसके चलते जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है जिले में अनेक जागरुकता कार्यकम चलाकर महिलाओं को जागरुक किया गया जिसके चलते बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण हुआ

उनकी इसी सक्रियता का उपयोग कर चुनाव में मतदान के लिये उन्हे प्रेरित और जागरूक करना हैं

सोशल वेबसाईट फेसबुक ट्वीटर यू टयूब व्हाट्सएप और ऐसी ही अन्य साइट पर निर्वाचन आयोग निगाह रखेगा और गलत प्रचार प्रसार की शिकायत होने पर कार्यवाही भी करेगा सोशल साइट के बेहतर उपयोग आदर्श आचरण संहिता के पालन और अपनी बात मतदाताओं राजनैतिक दलों प्रत्याशियों तक पहंचाने के लिये भी निर्वाचन आयोग सोशल साइट का उपयोग करेगा वही निर्वाचन आयोग कल भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में निर्वाचन में मीडिया की भूमिका विषय पर एकदिवसीय सेमीनार आयोजित करेगा मतदाता जागरुकता शिवपूरी जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं को इवीएम और वीवीपेट मशीन के प्रति जागरूक कर उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा इसके लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने दिए हैं

इसी कड़ी में देवास में भी लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दी गई जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट अधिकारी लोक सेवा केन्द्र तथा उत्कृष्ट विभाग और लोक सेवा को पुरस्कृत किया गया ै साथ ही विभिन्न प्रशासकीय कार्यालयों में अधिकारियो और कर्मचारियों को लोक सेवा की शपथ दिलाई गई